पुलिस कर्मियों के कल्याण और समस्याओं के निराकरण के लिए गठित समिति ने अपनी अनुशंसा पुलिस महानिदेशक को सौंप दी है राज्य में घर बैठे भूमि पंजीयन प्रक्रिया पूरी करने की सुविधा देने की तैयारी की जा रही है पासपोर्ट की तरह निर्धारित समय में पूरी हो सकेगी पंजीयन प्रक्रिया

भाजपा बैठक लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने राज्य के ग्यारह संसदीय क्षेत्रों को तीन कलस्टरों में बांट दिया है संसदीय क्षेत्रों के लिए पार्टी ने प्रभारियों और संयोजकों की नियुक्तियां भी कर दी हैं आज राजधानी के एकात्म परिसर स्थित भाजपा कार्यालय में पाटी के कोर ग्रूप की बैठक हुई इसमें पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक केन्द्रीय इस्पात राज्यमंत्री विष्णुदेव साय और राष्ट्रीय महासचिव सरोज पांडेय उपस्थित थी इसके अलावा विधायकों और संगठन मंत्री सहित भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे बाद में नेता प्रतिपक्ष ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी ने प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है इसमें बस्तर और कांकेर का प्रभारी पूर्व मंत्री केदार केश्यप को बनाया है इसी तरह रायपुर दुर्ग राजनांदगांव महासमुद का प्रभार पूर्व मंत्री राजेश मूणत को सौंपा गया है वहीं बिलासपुर कोरबा जांजगीर चांपा रायगढ़ और सरग्जा का प्रभार पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल देखेंगे श्री कौशिक ने बताया कि प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र के लिए संयोजक और उप संयोजक की नियुक्तयां भी की गई हैं जांजगीर लोकसभा क्षेत्र के लिए गौरीशंकर अग्रवाल को प्रभारी बनाया गया है रायपुर लोकसभा के लिये अशोक शर्मा राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के लिये राजेश मूणत दुर्ग लोकसभा के लिये संतोष पांडे और महासंमुद लोकसभा के लिये अशोक बजाज को प्रभारी बनाया गया है कांकेर के लिये खूबचंद पारख और बस्तर लोकसभा के लिये सुनील सोनी प्रभारी होंगे सरगुजा लोकसभा के लिये रामप्रताप सिंह और बिलासपुर के लिये नारायण चंदेल को प्रभारी नियुक्त किया गया है

उप पुलिस महानिरीक्षक और समिति की अध्यक्ष नेहा चम्पावत ने आज रायपुर में यह रिपोर्ट सौंपी रिपोर्ट तैयार करने से पहले समिति द्वारा प्रदेश के सभी जिलों सशस्त्र बल इकाईयों प्रशिक्षण शालाओं और अन्य इकाईयों के प्रतिनिधियों से पुलिस कर्मियों की समस्या और उनके हितों के लिए सुझाव प्राप्त किए गए थे दुष्कर्म मामला संज्ञान राज्य सरकार ने रायपूर स्थित एक समाजसेवी संस्था के आश्रय में रहने वाली एक युवती के साथ दृष्कर्म के मामले में दंडाधिकारी जांच के आदेश दिए हैं स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों और पीड़िता के परिजनों द्वारा पुलिस थाने में दर्ज कराई गई शिकायत का उल्लेख करते हुए समाज कल्याण विभाग ने इस मामले को संज्ञान में लिया इसके बाद मंत्रालय से जिला कलेक्टर को पत्र जारी कर अपर कलेक्टर स्तर के अधिकारी से मामले की दण्डाधिकारी जांच करवाने और सात दिन के भीतर अभिमत सहित प्रतिवेदन भेजने को निर्देश दिए हैं उल्लेखनीय है कि हाल ही में राजधानी के कोटा स्थित समाज सेवी संस्था कोंपलवाणी चाईल्ड वेलफेयर आर्गेनाईजेशन की एक परियोजना घरौंदा में निवासरत एक युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया है भूमि पंजीयन राज्य सरकार भूमि की पंजीयन प्रक्रिया को पारदर्शी और सरल बनाने का प्रयास कर रही हैं इसके तहत घर बैठे पंजीयन प्रक्रिया पूरी करने की सुविधा मिलेगी साथ ही पंजीयन प्रक्रिया पासपोर्ट की तरह निर्धारित समय में पूरी हो सकेगी इस व्यवस्था के तहत इच्छुक व्यक्ति को घर बैठे पंजीयन की सारी प्रक्रिया करने के बाद केवल सत्यापन के लिए पंजीयन कार्यालय में आना होगा यह जानकारी अटलनगर स्थित महानिरीक्षक पंजीयन कार्यालय में आयोजित विभाग की समीक्षा बैठक में दी गई बैठक में जिला पंजीयकों ने बताया कि सभी जिलों में पांच डिसमिल से कम भूमि की रजिस्ट्री हो रही है चालू महीने में पांच डिसमिल से कम रकबे के अब तक दो हजार चार सौ सत्तर दस्तावेजों का पंजीयन हो चुका है शिक्षक सातवां वेतनमान केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार और सहायता प्राप्त स्नातक स्तर के तकनीकी संस्थानों के शिक्षकों और शैक्षणिक कर्मचारियों तक सातवें वेतन आयोग की सुविधाओं को बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है इससे सरकार पर एक हजार दो सौ चालीस करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पडेगा इसका लाभ राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त उनतीस हजार से अधिक शिक्षकों और शैक्षणिक कर्मचारियों को मिलेगा

इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है इस मामले में तीन माओवादियों को गिरफ्तार कर लिया गया है जिले के पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने बताया कि यह यात्री बस गीदम से छिंदनार जा रही थी इस बीच कसौली राहत शिविर के पास करीब बारह की संख्या में पहुंचे माओवादियों ने बस को रोक लिया उन्होंने बंद्रक की नोंक पर बस चालक और परिचालक को नीचे उतारा इसके बाद पेट्रोल डालकर आग लगा दी वारदात के बाद माओवादी भाग निकले घटना की सूचना मिलते ही सुरक्षा बल मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पा लिया गया इलाके में सर्चिंग तेज कर दी गई हैं इस दौरान आगजनी की इस घटना में शामिल तीन माओवादियों को गिरफ्तार कर लिया गया है सुब्रत साहू संवाद राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू कल सत्रह जनवरी को फेसबुक और ट्वीटर के जरिए लोगों से सीधा संवाद करेंगे वे सोशल मीडिया के दोनों मंचों पर कल दोपहर बारह बजे से एक बजे तक लाइव रहेंगे श्री साहू इस दौरान प्रदेश में चल रहे मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के बारे में आम जनता को जानकारी देंगे और इससे जुड़े सवालों के जवाब भी देंगे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के फेसबुक पेज और ट्वीटर हैंडल पर इच्छुक व्यक्ति मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और उसमें संशोधन संबंधी सवाल पूछ सकते हैं इन दिनों भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रदेश में फोटोयुक्त मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है प्रकाशित मतदाता सूची के संबंध में दावा या आपत्ति पच्चीस जनवरी तक प्रस्तुत की जा सकती है प्राप्त दावों और आपत्तियों का निराकरण ग्यारह फरवरी से पहले किया जाएगा इसके बाद अट्ठारह फरवरी से पहले डॉटाबेस को अपडेट कर प्रक मतदाता सूची तैयार की जाएगी संशोधन और नए नाम जोड़ने के बाद बाईस फरवरी को अंतिम रूप से पुनरीक्षित मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा

इसी कड़ी में आकाशवाणी रायपुर केन्द्र में स्वच्छता पखवाड़ा शुरू हुआ इस अवसर पर कार्यालय प्रमुख संजय मिश्रा के नेतृत्व में अधिकारियों और कर्मचारियों ने कार्यालय परिसर में साफ सफाई की इसी तरह पत्र सुचना कार्यालय पीआईबी और रीजनल आउटरीच ब्यूरो आरओबी के रायपूर कार्यालय में पीआईबीरायपुर के अपर महानिदेशक सुदर्शन पंतोड़े ने स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ किया उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई स्वास्थ्य संगोष्ठी निर्वाचित प्रतिनिधियों में स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के महत्व को रेखांकित करने के लिए आज रायपुर में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया स्वास्थ्य प्रथम नाम से हुई यह संगोष्ठी नेशनल फाउंडेशन ऑफ इंडिया और मायाराम सुरजन फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की गई थी इस संगोष्ठी को वरिष्ठ पत्रकार ललित सुरजन जाने माने चिकित्सक पदमश्री एटी दाबके सहित अनेक प्रमुख चिकित्सकों समाज सेवी संस्थाओं को प्रतिनिधियों और मीडियाकर्मियों ने संबोधित किया स्वास्थ्य प्रथम अभियान का उद्देश्य जनप्रतिनिधियों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और मुद्दों से अवगत कराना है ताकि वे विधानसभा और अन्य मंचों पर इन्हें प्रमुखता से उठाएं आकाशवाणी छत्तीसगढ़ी पैनल आकाशवाणी केन्द्र रायपुर के प्रादेशिक समाचार एकांश में छत्तीसगढ़ी समाचार के लिए नैमित्तिक समाचार वाचक सह अनुवादक के पैनल का विस्तार किया जा रहा है इसके लिए केन्द्र निदेशक आकाशवाणी केन्द्र रायपुर द्वारा इच्छुक लोंगों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं आवेदन पत्र इक्कीस जनवरी तक डाक द्वारा अथवा स्वयं उपस्थित होकर केन्द्र निदेशक आकाशवाणी केन्द्र सिविल लाईन्स रायपुर के पते पर जमा किया जा सकता है निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र रायपुर में सिविल लाईन्स स्थित आकाशवाणी केन्द्र से प्राप्त किया जा सकता है केन्द्र निदेशक आकाशवाणी केन्द्र रायपुर के नाम से सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए तीन सौ रूपए और अनुसूचित जाति जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार के लिए दो सौ पच्चीस रूपये का बैंक ड्राफ्ट आवेदन पत्र के साथ जमा करना अनिवार्य है आवेदक को किसी भी विषय में स्नातक होना जरूरी है छत्तीसगढ़ी बोली में प्रवीण होने के साथ ही आवाज प्रसारण योग्य होना चाहिए उम्मीदवार को रेडियो अथवा टेलीविजन में पत्रकारिता का अनुभव और कम्प्यूटर में काम करने का बुनियादी ज्ञान होना वांछनीय है संक्षिप्त समाचार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल रायपुर में आठवीं इंडियन हार्टीकल्वर कांग्रेस का शुभारंभ करेंगे